कर्नाटक संकट कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के विश्वासमत प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित कर दी गई है अब विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी कल सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हई विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश ने मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी से राज्य सरकार के प्रति विश्वास मत प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा जारी रखने को कहा सदन में चर्चा के दौरान डेढ़ बजने पर भाजपा के सदस्यों ने विश्वास मत प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की सदन में हंगामा होने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी इस बीच राज्यपाल वजुभाईवाला ने एक और पत्र लिखकर मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी से कहा था कि वे शाम तक विश्वास मत प्रक्रिया पूर्ण करें उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की अनेक शिकायतें उन्हें मिली हैं

सुझाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिये लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप में विशेष रूप से बनाये गये ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है

तोमर बैठक केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज मुरैना में विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत श्री तोमर मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छता मिशन के साथ ही प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना की समीक्षा करेंगे और इन योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे

वीडियो संदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो ऑपरेटर द्रदर्शन के चैनल नहीं दिखा रहे हैं वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि कानून के अनुसार दूरदर्शन के चैनल दिखाना बाध्यकारी है हमने सभी ऑपरेटर्स को पत्र लिखा है कि यह अनिवार्य है और उनसे शपथ पत्र मांगा है कि उन्होंने यह दिखाना प्रारंभ कर दिया है श्री जावड़ेकर ने कहा है कि इसका सख्ती से अमल करें

विश्वविदयालयों शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के परिसरों में पीपल के पौधों का रोपण किया गया है

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विगत दिनों समस्त शिक्षण संस्थाओं को पीपल के पौधों का रोपण करने के निर्देश दिये थे

राजधानी के छोटे तालाब पर आयोजित की जा रही दो दिवसीय स्पर्धा में भिंड की टीम ने कांस्यपदक हासिल किया वहीं मिक्स स्पर्धा में खेल प्राधिकरण साई की टीम ने स्वर्णपदक जीता इसमें भोपाल की टीम को रजतपदक और इन्दौर को कांस्यपदक प्राप्त हुआ आज सम्पन्न हो रही इस प्रतियोगिता में भोपाल के अलावा सागर इन्दौर खरगोन महेश्वर दतिया भिंड और साई भोपाल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं

इस दौरान विभिन्न कार्यो के अलावा कई विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान कराया जायेगा राज्य विधानसभा की कार्यसुची के अनुसार आज भूराजस्व परिवहन आदिम जाति कल्याण स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा दीक्षांत समारोह ग्वालियर के पास सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में अब से कुछ देर बाद सहायक कमांडेंट का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित की जायेगी कार्यक्रम में अकादमी के निदेशक एसएस चाहर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे

इनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है

प्रदूषण जांच प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने परिवेशीय वाय में पाये जाने वाले धूल कण तथा वायु प्रद्षण के विभिन्न स्रोतों की पहचान के लिये पहले चरण में प्रर्देश के दो महानगर भोपाल एवं ग्वालियर में अध्ययन करने का निर्णय लिया है इसके आधार पर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों को चिन्हित कर प्रदूषण कम करने के लिये प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जा सकेगी

वायु प्रदूषण की निरंतर जाँच के लिये औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप पीथमपुर देवास सिंगरौली और उज्जैन में मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गयी है

साथ ही भोपाल के राजा भोज तालाब में भी जल गुणवत्ता मापन उपकरण स्थापित किया गया है

राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के पूर्व प्रदान किये जायेंगे बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता बच्चे दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल किये जायेंगे उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किये जाने के लिये यह पुरस्कार शुरू किये गये हैं मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास क्षेत्रों में कल दोपहर हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है

मौसम विभाग ने आज श्योपुर मुरैना भिंड रीवा सीधी सिंगरौली अनूपपुर डिंडोरी शहडोल उमरिया बालाघाट मंडला और जबलपुर जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है नीमच जिले के रतनगढ़ में कल एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई

जिसमें विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी शामिल होंगे

संगोष्ठी के बाद अधिकारी किसानों को फसल बीमा के बारे में भी जानकारी देंगे

वहीं दो मवेशियों की मौत हो गयी

जिसमें पुरानी जल संरचनाओं कुंओं और बावड़ियों को जीर्णोद्वार शामिल है